जयपुर और उदयपुर में बनाए गए भंडारगृहों से विभिन्न जिलों में वैक्सीन भेजी जा रही है

कोविड टीकाकरण सप्ताह में चार दिन होगा

देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल केएम करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं की याद में यह दिन मनाया जाता है